नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से त्रंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अन्रोध किया है

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इनकी कोई कमी नहीं है

इसमें मातृ मृत्यु अन्पात शिश् मृत्य् दर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्य् दर और कुल मृत्य् दर में त्वरित गिरावट की जानकारी भी शामिल है इस दौरान मलेरिया कालाजार डेंगू और तपेदिक क्ष्ठ रोग वायरल हैपेटाइटिस जैसे विभिन्न रोग कार्यक्रमों के संबंध में प्रगति का भी जायजा लिया गया

इस अवसर पर म्ख्यमंत्री पेमा खांड्र गृह मंत्री बामांग फेलिक्स शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर कृषि मंत्री तागे ताकी राज्य के प्लिस महा निदेशक आर पी उपाध्याय सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे मुख्यमंत्री ने पासिंग आऊट परेड का निरीक्षण किया और प्रशिक्षण प्रा कर च्के प्लिस कर्मियों को उज्जवल भविष्य की श्भकामनाएं दी इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने प्लिस विभाग के लिए नए वाहनों को भी रवाना किया अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नए प्लिस स्टेशनों की स्थापना की साथ ही प्लिस थानों में पर्याप्त संख्या में कर्मियों की तैनाती स्निश्चित करने के लिए भर्ती की जा रही है उन्होंने कहा कि पिछले क्छ वर्षो से ब्नियादी स्विधाओं के विकास के अलावा प्लिस के आध्निकीकरण पर जोर दिया गया है म्ख्यमंत्री ने प्लिस कर्मियों से राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ईमानदारी से प्रभावी कार्रवाई करने को कहा उन्होंने कहा कि मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त पाये जाने वाले किसी भी प्लिस कर्मियों को बख्सा नही जायेगा

इधर अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के दोरजी खांड्र सभागार में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा मौजूद थे अपने संबोधन में राज्यपाल ने य्वाओं से महान स्वतंतत्रा सेनानी शहीद भगत सिंह राजग्रु और स्खदेव सिंह से प्रेरणा लेते हए देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करने का आहवान किया उन्होंने शहीद दिवस पर रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए नेशनल ब्लड ट्रांसफ्य्जन काउंसिल स्टेट ब्लट ट्रांसफ्यूजन काउंसिल अरुणाचल प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसायटी इंडियन रेड क्रोस ससायटी और अरुणाचल वॉलंट्री ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाईजेशन के कदम की सराहना की इस अवसर पर बहत्तर लोगों ने रक्तदान किया

स्थानीय संगठन आयांग दवारा शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजग्रु की याद में लगाये गए रक्तदान इस शिविर में य्वाओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया आयांग की अध्यक्ष आईनी तालोह ने बताया कि बाकिन पार्टिन जनरल अस्पताल के सहयोग से रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए शिविर लगाया गया

इस अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग के निदेशक य्मलम काहा सहित कई अधिकारी मौजूद थे गौरतलब है कि ईटानगर के सेंकिव्यू में स्थित दीपक नाबाम लिविंग होम का दौरा कर सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया